बर्फबारी के दो दिन बाद भी प्रदेश में पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया जनजीवन जनजातीय क्षेत्रों में खून जमा देने वाली ठण्ड जारी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा प्रदेश सरकार लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत प्रदेशभर में बालिका दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश में पूरी तरह से विघटित है और सभी नेता अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री आज मण्डी ज़िला के धर्मपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि प्रदेश में अभी तक सभी नई सरकारों के पहले फैसले आमतौर पर राजनीति से प्रेरित होते थे लेकिन वर्तमान सरकार ने इस प्रथा को बदला है उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय शिमला में हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं की आपस में हुई झड़प से प्रदेश शर्मसार हुआ है

इस अवसर पर मंत्रिमण्डल के सदस्य व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे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

ये संदेश आकाशवाणी के एफएम चैनलों पर भी प्रसारित होगा मौसम प्रदेश में दो रोज़ पूर्व हुई भारी बर्फबारी और वर्षा के बाद अभी भी जनजीवन पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाया है

शिमला ज़िला की जीवन रेखा कही जाने वाली ठियोग हाटकोटी सड़क पर यातायात अभी भी बहाल नहीं हो पाया है जिस कारण ऊपरी शिमला के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उधर किन्नौर जिला में भारी ठण्ड के कारण सड़कों पर पानी जम जाने और जगह जगह हिमस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पांच पर पवारी से आगे यातायात आज भी बाधित रहा किन्नौर के कार्यकारी उपायुक्त अविनेन्द्र शर्मा के मुताबिक जिले में सड़कें और बिजली पानी बहाल करने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है

शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा कि जिले के सभी क्षेत्रों में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है इस बीच राज्य के निचले इलाकों में हालांकि आज दिन के अधिकांश समय मौसम साफ बना रहा लेकिन चम्बा किन्नौर और लाहौल स्पीति में फिर से बर्फबारी ने लोगों की दिक्कतें और बढ़ा दी हैं शिमला में भी आज दोपहर बाद कुछ देर के लिए बर्फ की फहारें पड़ीं मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में क्छ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है किशन कपूर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा कि राष्ट्र उत्थान में शिक्षा की उपयोगिता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बीते एक साल के दौरान इस क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर जोर दिया है किशन कपूर आज धर्मशाला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कस्बा नरवाणा के वार्षिक प्रस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने इस मौके पर स्कूल के अतिरिक्त भवन की आधारशीला भी रखी और स्कूल के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया

सुरेश भारद्वाज ने इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में दृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने विधानसभा के समीप निर्माणाधीन डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर पुस्तकालय भवन का निरीक्षण किया और इसे भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य को विकास की नई राह पर ले जाने के लिए प्रतिबद्व है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर द्वारा प्रदेश सरकार को निष्क्रिय कहने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपसी झड़प से प्रदेश शर्मसार हुआ है उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बना रही है जबकि कांग्रेस इन योजनाओं से बौखलाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है बालिका दिवस आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है इस वर्ष का विषय है सुनहरे कल के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया इस अवसर पर प्रदेशभर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कांगड़ा ज़िला के रैत में मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना समाज का चहुंमुखी विकास संभव नहीं है प्रदेश रैडक्रॉस सोसायटी की अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न अंग हैं कुल्लू के शमशी में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं महिला मण्डलों और अन्य संस्थाओं की महिलाओं को सरकार द्वारा बालिकाओं के कल्याण व उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई चम्बा के सुराड़ा स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र में बालिका दिवस का आयोजन किया गया जहां बालिकाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई लाहौल स्पीति के केलंग में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम अमर नेगी ने कहा कि आज ऐसा कोई काम नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकतीं हमीरपुर में बालिका दिवस के मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया युवा सांसद भारत सरकार के युवा सांसद कार्यक्रम के तहत आज बड़सर महाविद्यालय में युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मनोज डोगरा ने बताया कि इस कार्यक्रम में ऊना व हमीरपुर जिलों के युवा सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार सांझा किए

योजना के कार्यान्वयन पर आज शिमला में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बाल्दी ने कहा कि राज्य सरकार इस योजना को आगामी गर्मियों के मौसम से पहले पूरा करना चाहती है ताकि शिमला में दोबारा पानी की किल्लत न हो

बैठक के दौरान बताया गया कि योजना पर काम संतोषजनक ढंग से चल रहा है और पंपिंग मशीनरी खरीदने के भी आदेश दे दिए गए हैं

इसके तुरंत बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित होगा

शपथ नगर निगम शिमला के सांगटी वार्ड से हाल ही में उपचुनाव में नवनिर्वाचित पार्षद मीरा शर्मा ने आज बतौर पार्षद शपथ ली उन्हें शहरी विकास विभाग के निदेशक आरके पुरथी ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई मीरा शर्मा भाजपा के टिकट पर ये उपचुनाव जीती हैं जैनब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता जैनब चंदेल हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष होंगी जैनब चंदेल को सुशीला नेगी के स्थान पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है